मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है और विश्व के प्रमुख देशों के मुकाबले सबसे तेजी से आगे बढ रहा है

श्री मोदी ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले छह वर्षों में अनोखा मुकाम हासिल किया है देश के हर नागरिक को अपनी पूर्ण क्षमता के विकास के लिए बिजली उपलब्ध हो सके इसके लिए देशभर में विद्यूत उत्पादन क्षमता बढाने और विद्यूत नेटवर्क का विस्तार करने के प्रयास किये जा रहे हैं

उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में देश ने नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता में ढाई गुणा बढ़ोतरी की है श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना को किसी एक मंत्रालय या विभाग तक सीमित नहीं रखा है बल्कि यह सुनिश्चित किया है कि समूची सरकार इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े उन्होंने कहा कि सरकार ऊर्जा दक्षता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि कारोबारी सुविधा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए अलग से परियोजना विकास प्रकोष्ठों का गठन किया गया है ताकि निवेशकों को सुविधा मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश अच्छे ऊर्जा स्रोतों से बड़े पैमाने पर असीमित सौ ऊर्जा उत्पादन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है

इस नीति के तहत सोलर पार्क को स्थापना और सौर ऊर्जा को थड पार्टी विक्रय के लिये खुला आमंत्रण दिया गया है उन्होंने बताया कि इस नीति में सौर ऊर्जा प्रोत्साहन प्रावधानों के अन्तर्गत ऑन लाइन सिंगल विंडों क्लियरस के साथ ही परियोजनाओं के लिये स्टाम्प ड्यूटी में शत प्रतिशत छूट की व्यवस्था की गई है इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में दस वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास है राज्य में हर क्षेत्र में सामान्य रूप से विकास हो और हर हिस्से में निवेश हो इसको ध्यान में रख कर बुन्देलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में अन्य सुविधाओं के अलावा ग्रिड कनेक्टिविटी के लिये सरकार गंभीरता से काम कर रही है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी व्यायाम न करने का बहाना नहीं होना चाहिए व्यायाम गतिविधियों के बारे में अपने नवीनतम दिशा निर्देशों में संगठन ने कहा है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है और आलसी जीवन शैली के गंभीर परिणाम हो सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एधानोम घिब्रेयसिस ने कहा कि शारीरिक रूप से चुस्त रहना स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी है और हमें दीर्घायु करता है संगठन ने कहा है कि यदि हम शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं है तो हम अपने लिए दूसरी बीमारियां पैदा कर रहे हैं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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

इसे आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी देखा जा सकेगा प्रधानमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद आकाशवाणी से यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा

इस बीच कोविड मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए अगले शुक्रवार चार दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कामकाज बंद रहेगा आज भी न्यायालय में बंदी रही एक रिपोर्ट कोविड से ठीक होने वाले मरीजों की दर में और इजाफा करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में एक भी व्यक्ति की मौत इस बीमारी से होती है वहां के जिलाधिकारियों से मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय को विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाए इसके अलावा उन्होंने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य से इन जिलों के चिकित्सा संस्थानों के प्रमुखों के साथ बातचीत करके बेहतर रणनीति तैयार करने के निर्देश दिये सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

जाड़े के मौसम और शादी विवाह के चलते संक्रमण फैलने का खतरा अधिक है इसलिये बुजुर्गो को सार्वजनिक स्थाना पर ले जाने से बचने की अपील की गई है बच्चों गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों को भी और अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है कृषि बाइसिकिल मैन के नाम से पहचान पाये नीरज क्मार प्रजापति अपने देश भ्रमण के दौरान कृषकों को खेती में अत्यधिक उर्वरकों के उपयोग के प्रति सावधान कर रहे हैं वहीं वे लोगों से पराली न जलाने की अपील करत हुए इसके फायदे नुकसान भी गिना रहे हैं वे कहते हैं कि पराली को जलाने से जहां प्रदूषण होता है वहीं खेती की उर्वरा शक्ति भी समाप्त हो जाती है

आग जलाने से तो मैं उनको जागरूक करता हूं कि आप उन्हें आग न जला के खेत में ही अपघटक डिकम्पोज कर दे ताकि उससे आर्गेनिक कार्बन जो आपके खेत की उर्वरा शक्ति है वो बनी रहे